मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दारान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ा डॉलर का लाभ हुआ है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आहवान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री न कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बडी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है हाल में संसद द्वारा पारित किये गये कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आहवान किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये थे प्रशासन को इस बात के कड़े निर्देश दिये गये थे कि कोई भी बाजारों और प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती न बंद कराये और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये प्रदेश में आज भारत बंद का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा राज्य में आज भी आम दिनों की तरह रोजमर्रा के सारे काम हो रहे हैं दुकाने और बाजार खुले रहे आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा भारत बंद का पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई खास असर नहीं दिखा

प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह द्रेनों को भी रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने पहले ही सारे जरूरी एहतियाती कदम उठा लिये थे कुछ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को हिरासत मे लिया गया तो वहीं कुछ को कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के मद्देनजर नजरबंद किया गया

पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विपक्षी दलों का पाखंड है वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है कि यही हमारा मौका है तो उसका लाभ उठाएं इसके सिवा कुछ भी नहीं है अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया सभी राज्यों में से दस राज्योंल ने उसको स्वीरकार भी किया तब अच्छाद था एमपीएमसी का मॉडल कानून और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है ऐसा कैसे होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर कृषि संगठनों के द्वारा जो बंद का आयोजन किया गया है वह किसानों के हित से प्रेरित न होकर राजनैतिक दलों के दुष्प्रचार के कारण ह आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि आज का यह बंद विपक्षी दलों द्वारा समर्थित सरकार विरोधी न होकर वास्तव में किसान विरोधी रहा इसलिये बंद का पूरे देश में न तो कोइ समर्थन मिला न ही इसका कोई प्रभाव दिखा

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं हैं इसलिये वह समाज में इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है श्री द्विवेदी ने कहा कि यह बंद पूरी तरह से विपक्ष द्वारा प्रेरित था बाइट आज इस प्रकार बंदी का आहवान विपक्षी दलों ने किया था कांग्रेस के नेतृत्व में ये कही कहीं राजनैतिक बंदी थी और इस बिल का विरोध करना माने किसानों का विरोध करना क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह लक्ष्य है किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है किसानों को अत्यधिक सुविधा दिलवानी है जो बिचौलिये थे किसानों के और मंडियों के बीच में बिचौलियें काम करते थे उन बिचौलियों को समाप्त करके इसका डायरेक्ट लाभ किसानों को देने का ये बिल और इसका विरोध करना माने किसानों का विरोध करना और आज जिलों और देश के अलग अलग शहरों में किसान व्यापारियों ने आम जनमानस ने इस बंदी का विरोध किया और सभी शहर खुले हुए हैं कही कहीं इन देश की जनता ने इन जो बंदी करने वाले लोग है इन दलों के लोग है वह उनको एक सबक सिखाया है जब भी आप किसानों के हित में निर्णय जो मोदी सरकार ने लिया है उसका विरोध करेंगे तो हम आपके खिलाफ है डुमरियागंज के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने किसानों से विपक्ष के द्वारा फैलायी जा रही अफवाहों से बचने की अपील की उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की किसी भी समस्या को लेकर निरन्तर बातचीत कर रही है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

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा उद्योगों के लिये नीति का सरलीकरण किया गया है उन्होंने कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाये और उद्योगों की स्थापना के लिये उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है इसलिये अधिकारी पूरी रूचि लेकर उद्योगों की स्थापना क लिये कार्य करे मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये